राज्य सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को खरीफ सीजन के लिए मक्का और बाजरे के प्रमाणिक बीज मुफ्त देने का किया निर्णय

श्री गहलोत ने कल देर शाम लॉकडाउन को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्देश दिए उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में ऐसे उद्योग जहां श्रमिकों के लिए कार्य स्थल पर ही रहने की सुविधा उपलब्य है उन्हें भी शुरू किया जाए हालांकि इनमें बाहर से मजदूरों के आवागमन की अनुमति नहीं होगी मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यालयों को भी चरणबद्ध तरीके से खोलने के निर्देश दिए हैं इनके साथ ही अन्य कार्यालयों में भी आने वाले समय में काम शुरू किया जाए और इनमें ग्रूप ए तथा ग्रूप बी के अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यकतानुसार सुनिश्चित की जाए

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण तथा सिंचाई से संबंधित कार्य शुरू करने को कहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संकमण के हॉटस्पॉट बन रहे जिन स्थानों पर कर्फ्यू लागू है वहां कर्फ्यू की सख्ती से पालना की जाए इन क्षेत्रों में किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी इनमें कर्मचारी भी शामिल हैं श्री गहलोत ने कहा कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों में राजस्थान के प्रवासी मजदूर और अन्य लोग भी हैं उनके भोजन तथा राशन की व्यवस्था के लिये संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर आग्रह किया गया है

इस क्षेत्र में कर्फ्यू की स्थिति को अपग्रेड कर इस तरह से सील किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से बाहर जाने तथा अंदर आने की अनुमति नहीं है

सम्पूर्ण प्रभावित क्षेत्र में तेजी से सैम्पलिंग शुरू की गई है

इससे किसानों को खाद बीज खरीदने कटाई मशीन का किराया और मजदूरी देने तथा अन्य कार्यो को करने के लिये काफी सहूलियत हो गई है कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल नई दिल्ली में अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर का शुभारंभ किया इससे लॉकडाउन के दौरान जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को एक से दूसरे राज्य में आसानी से पहुंचाया जा सकता है

राज्य सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को खरीफ सीजन के लिए मक्का और बाजरा के प्रमाणिक बीज मुफ्त उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम से प्रमाणिक बीजों की खरीद के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है

श्रोताओं से निवेदन है कि वे कोरोना संकमण के संबंध में सोशल मीडिया पर आ रही भ्रामक जानकारियों को साझा न करें और घरों में ही रहें सतर्क रहें और आकाशवाणी समाचार सुनते रहें श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केन्द्र और राज्य की ओर से जारी हेल्प लाइन नम्बर पर फोन कर सकते हैं

आज राजस्थान पुलिस दिवस है

और अब प्रदेश में कोरोना संकमण से उपजे संकट से निपटने में डॉक्टरों नर्सो और फंट लाइन पर सेवाएं दे रहे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ पुलिस पूरी तत्परता से जुटी है इस मौके पर अपने संदेश में पुलिस महानिदेशक डॉ भूपेन्द्र सिंह ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया है कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिये अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देगी